मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए कहा है कि समग्र व्यक्तित्व के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है आकाशवाणी से मन की बात में देशवासियों से संवाद करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि पारंपरिक खेल समग्र व्यक्तित्व विकास और लोगों के साथ संवाद कौशल में सुधार लाने में उपयोगी साबित होते हैं

पिछले दिनों मैं देख रहा था कि बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े हए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरपर्सनल स्किल्स के इम्प्रवमेंट के लिए भी हमारे जो पर्सरागत खेल थे उसका आजकल उपयोग हो रहा है और बड़ी आसानी से ओवरऑल डेवलपमेंट में हमारे खेल काम आ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इन खेलों के जरिये देश की विविधता में एकता की छवि देखी जा सकती है फिट इंडिया यानी स्वस्थ भारत अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान से अब तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं इनमें फिल्म जगत से लेकर खेल जगत के लोग और देश के आम नागरिक शामिल हैं श्री मोदी ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली की हम फिट तो इंडिया फिट की चुनौती को स्वीकार करना मेरे लिए खुशी की बात है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आगामी पांच जन को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी करेगा इस वर्ष का विषय है बीट प्लास्टिक पॉल्युशन यानी प्लास्टिक प्रदषण पर नियंत्रण श्री मोदी ने कहा कि देश के लिए यह आयोजन महत्वपूर्ण उपलब्धि है श्री मोदी ने कहा कि आगामी इक्कीस जून को मनाए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां पूरे विश्व में शुरू हो गई हैं उन्होंने कहा कि योगाभ्यास से साहस की भावना बलवती होती है श्री मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्य तिथि पर आज उनका स्मरण किया प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान रोजे रखने के बाद ईद का पर्व मनाया जाएगा यह त्यौहार समाज में सद्भाव के बंधन को और मजबूती प्रदान करेगा प्रधानमंत्री नमो ऐप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नमो ऐप पर एक सर्वेक्षण जारी कर लोगों से सरकार सांसदों और विधायकों के कामकाज का मूल्यांकन करने की अपील की है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के कल चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस सर्वेक्षण की शुरूआत की गई प्रेमप्रकाश पांडेय प्रेसवार्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर आज राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पत्रकारवार्ता लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया भिलाई में राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि बीते अड़तालीस महीनों के मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान दुनियाभर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक बार फिर विश्व गुरू बनने की दिशा में अग्रसर है

इन चार वर्षो में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं और जनकल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की देश और प्रदेश के वरिष्ठ विश्लेषक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से यह इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी होगी इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे विकास यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सिंचाई पम्पों को बिजली कनेक्शन देने के लिए एक लाख रूपए तक के अनुदान की सुविधा फिर से शुरू करने की घोषणा की इससे प्रदेश के लगभग चार लाख किसानों को लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री ने आज प्रदेशव्यापी विकास यात्रा के तहत कबीरधाम जिले के पंडरिया में आयोजित सभा में कहा कि किसानों को अब सिंचाई पम्प के साथ पांच हार्स पावर से ज्यादा क्षमता के सिंचाई पम्पों पर भी बिजली बिल का भुगतान फ्लैट रेट पर करने की सुविधा मिलेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंडरिया में एक सौ पंद्रह करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया वहीं विकास यात्रा के तहत मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले का भी दौरा किया इस दौरान उन्होंने उप तहसील भटगांव को तहसील का दर्जा देने और वहां स्टेडियम बनाने की घोषणा की इस अवसर पर उन्होंने लगभग एक सौ करोड़ रूपये के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया मुख्यमंत्री इसके बाद महासमुंद जिले के लंबर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए निर्वाचन आयोग निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित तीन और राज्यों मध्यप्रदेश राजस्थान और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं इसमें कहा गया है कि ये अधिकारी जो सीधे चुनाव कार्य से जुड़े हैं उनकी नियुक्ति उनके गृह जिलों में न की जाए साथ ही उनकी नियुक्ति उन जिलों में न की जाए जहां वे लंबे समय से पदस्थ हैं आयोग ने कहा है कि यदि कोई अधिकारी चुनाव कार्य से नहीं जुड़ा है तो उसकी नियुक्ति गृह जिलों में भी जारी रखी जा सकती है मितानिन प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार ने मितानिनों की प्रोत्साहन राशि पचहत्तर प्रतिशत करने के आदेश जारी कर दिए हैं ये आदेश इस वर्ष एक अप्रैल से लाग होंगे इससे पहले मितानिनों को पचास प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाती थी वहीं मितानिन प्रशिक्षकों फेसिलिटेटरों और खंड स्तरीय समन्वयकों को भी राज्य अंश दिये जाने की मांग पर विचार किया जा रहा है मितानिनों ने इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर के प्रति आभार प्रकट किया है उच्च शिक्षा प्रस्ताव मंजुरी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सौ चौबीस करोड़ रूपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है यह राशि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के तहत राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास पर खर्च की जाएगी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परियोजना अनुमोदन बोर्ड की कल आयोजित बैठक में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय भी शामिल हए उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ के लिए सात नए मॉडल कॉलेज सहित पांच कॉलेजों में अधोसंरचना विकास कॉलेजों की गुणवत्ता और पांच कॉलेज भवनों के निर्माण के लिए एक सौ चौबीस करोड रूपए के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है प्रदेश में जिन सात मॉडल कॉलेजों के लिए राशि मंजूर की गई है उनमें बीजापुर नारायणपुर सुकमा कोंडागांव दंतेवाड़ा कोरबा और महासमुंद शामिल हैं ई रिक्शा पंजीयन मुख्यमंत्री ई रिक्शा सहायता योजना के तहत ई रिक्शा खरीदने वाले असंगठित कर्मकारों को अब छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार मंडल में नब्बे दिन पहले पंजीयन कराने और वाहन चालक का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं होगी इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है इसके तहत ई रिक्शा खरीदने पर हितग्राहियों को सरकार द्वारा पचास हजार रूपए का अनुदान भी दिया जाएगा ई रिक्शा खरीदने के इच्छक आवेदक अपना आवेदन संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा कर सकते हैं तायक्वांडो प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कुक्कीवन ओपन तायक्वांडो प्रतियोगिता में धमतरी जिले के चौदह खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गो में पदक हासिल किए हैं यह प्रतियोगिता बाईस से चौबीस मई तक आयोजित की गई थी इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा जापान कोरिया मलेशिया सहित बारह देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था संक्षिप्त समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र के एनडीए सरकार के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल अट्ठाईस मई को दूर्ग में स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन किया जाएगा सुकमा जिले के दोरनापाल थाना क्षेत्र के पुनपल्ली गांव में माओवादियों ने आज एक ग्रामीण की हत्या कर दी कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल के मडई गांव में जंगली हाथी ने आज एक दंपत्ति पर हमला कर दिया इस हमले में पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है